प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेशम पट्टिका का लोकार्पण कर इन घरों के लोगों को एक साथ गृह प्रवेश कराया श्री मोदी ने धार सिंगरौली और ग्वालियर जिलों के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की

कुशल श्रम शक्ति के योगदान की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आवासों का जल्द निर्माण हमारे श्रमिक भाईयों के योगदान से संभव हो पाया है जिन्होंने शहरों से वापस लौटकर गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ उठाया इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाभार्थी परिवारों के लिए आज का दिन नए जीवन की शुरूआत है

सवा करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे सुनने के लिए पंजीकरण कराया था रेलगाड़ियां अस्सी नई स्पेशल यात्री रेलगाड़ियां आज से शुरू हो रही हैं ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी इनके लिये बुकिंग इस महीने की दस तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलवे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मांग और प्रतीक्षा सूचियों पर नजर रख रहा है उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उचित समय में और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी

केन्द्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गो को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेगी परीक्षा जेईई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स के परिणाम घोषित कर दिये हैं कोरोना संकट के कारण जेईई मेन्स की परीक्षा दो बार टाल दी गई थी